विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा का लोगों को उत्सुकता से इंतजार है कल देर रात तक प्रत्याशियों के नामों पर दिल्ली में मंथन होता रहा प्रत्याशियों की पहली सूची को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हई इससे पहले भी दिनभर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे पूर्व मुख्यमंत्री अषोक गहलोत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन कुमारी शैलजा समेत अन्य नेता पैनल को लेकर बैठक करते रहे श्री गहलोत ने बताया कि कांग्रेस की सूची में महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता दी जायेगी दूसरी ओर भाजपा की पहली सूची आने के बाद विरोध के स्वर भी तेज हो गये हैं जलदाय मंत्री सूरेन्द्र गोयल के बाद नागौर से विधायक हबीब्रहमान ने भी टिकिट नहीं मिलने से नाराज होकर भाजपा से इस्तीफा दे दिया है इसी बीच बाड़मेर की यूआईटी चेयरमैन प्रियंका चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है

राष्ट्रीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और आमेर विधायक नवीन पिलानिया राजपा छोड़ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए है

दूसरी ओर हनुमानगढ के संगरिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके गुरदीप सापिनी ने जयपुर में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन लाल सैनी की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की सीकर जिले में मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी ने आठ विधानसभा सीटों में से छः पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिये है इनमें पूर्व विधायक अमराराम को दातारामगढ से पेमाराम को धोद से बी एस मील को लक्ष्मणगढ से अब्दुल कय्यूम को सीकर से सुभाष मेहरा को खण्डेला से और आबिद अली को फतेहपुर से उम्मीदवार बनाया गया है प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिये कल दूसरे दिन सत्रह प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किये

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनन्द कुमार ने कल बीकानेर में चुनाव तैयारियों की समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए ये बात कही उन्होंने अधिकारियों को निर्भीक निडर और निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के लिए आवश्यक इंतजाम करने के निर्देष दिए

राजसमंद जिले में विधानसभा चुनाव से संबंधित कार्यो में लापरवाही बरतने पर एक कर्मचारी को निलम्बित कर दिया गया है वहीं पांच अन्य कार्मिकोंको कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए है केन्द्रीय मंत्री अनंत कुमार के निधन के बाद उनके दोनो मंत्रालय दो वरिष्ठ मंत्रियों को दे दिये गये है ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर संसदीय कार्य मंत्रालय का प्रभार संभालेंगे वहीं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा को रसायन और उर्वरक मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विज्ञान टेक्नोलॉजी और नवाचार का फायदा आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया है उन्होंने कहा कि रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान और जीवन को आसान बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए प्रधानमंत्री ने विज्ञान टेक्नोलॉजी सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए स्कूली बच्चों में वैज्ञानिक प्रतिभा की पहचान और विकास करने के लिए विद्यार्थियों को जिला तथा क्षेत्र स्तर की अटल नवसुजन प्रयोगशालाओं से जोड़े जाने की जरूरत बताई देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का जन्मदिन आज बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है इस अवसर पर विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है बाल मेले लगाये जा रहे है बांसवाडा में बाल दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यकम हो रहे है इसके तहत स्काउट गाईड का एक दल दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने गया है

यह प्रक्षेपण काफी अहम है क्योंकि इसमें सफलता मिलने पर इसरो का तीसरा रॉकेट भी ऑपरेशनल हो जायेगा

प्रक्षेपण के लिये उलटी गिनती कल दोपहर में शुरू हुई श्रीगंगानगर में विधिक सेवा सप्ताह के अन्तर्गत कल सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित अनुसूचित जाति जनजाति बालिका छात्रावास में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सुषमा पारीक ने अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित नालसा योजना और दहेज निषेध अधिनियम की जानकारी बालिकाओं को दी शिविर में सेवानिवृत्त जिला और सेशन न्यायाधीश राजेश्वर सिंह सहित अन्य लोगों ने भाग लिया भारतीय किकेट टीम के कप्तान विराट कोहली आई सी सी की एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग और जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार हैं टीम रैंकिंग में भारत दूसरे और इंग्लैंड पहले स्थान पर है